मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलन्दशहर हिंसा में मारे गये पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिजनों से लखनऊ में की मुलाकात हर संभव सहायता का दिया आश्वासन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अगले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्दि दर सात से आठ प्रतिशत होने की जताई उम्मीद

देशभर में आज मनाया जा रहा है सशस्त्र बल झंडा दिवस केन्द्रीय लघू सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार खादी के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देकर और गाय से जुड़े उत्पादों तथा सोलर चर्खे जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके गांव गांव में रोजगार पैदा करने की कोशिश की जा रही है श्री सिंह ने कल विशिष्ट अतिथि के तौर पर तीन दिवसीय खादी महोत्सव का राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उदघाटन किया इस अवसर पर मृख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार सोलर चर्खे को प्रोत्साहन दे रही है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति महीने में तीस हजार रूपये से अधिक की कमाई कर सकता है उन्हॉने यह भी कहा कि प्रदेश में बंद हो चुके कम्बल कारखानों को फिर से श्रू करने के प्रयास किये जा रहे है उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पादन योजना के माध्यम से भी खादी और ग्रामोदोग के उत्पादों को प्रोत्साहन मिल रहा है खादी और ग्रामोधोग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पूरे देश में सोलर चर्खे से बनने वाली खादी का दर्जा देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और इकलौता राज्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर हिंसा में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोघ कुमार सिंह के परिवार को आश्वासन दिया है कि ब्लंदशहर हिंसा और इंस्पेक्टर की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत सुबोध क्मार के दोनों बेटों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता देगी श्री योगी ने कहा कि उनके परिवार द्वारा लिये गये गृह ऋण की बची हुई राशि राज्य सरकार वहन करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया के मंच इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता बनकर उमरे हैं उन्हें एक करोड़ अड्तीास लाख लोग फॉलो करते हैं श्री मोदी के बाद एक करोड बाईस लाख फॉलोअर्स के साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो दूसरे स्थान पर हैं जबकि अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी टिवटर और फेसबुक पर भी बहत सक्रिय हैं टिवटर पर चार करोड़ तीस लाख से ज्यादा और फेसबुक पर चार करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स की संख्या के साथ श्री मोदी सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में एनडीए सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित किया है आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ घटनाएं इसका अपवाद हैं स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है उरी और पठानकोट जैसे सीमावर्ती इलाकों में क्छ घटनाओं को छोड़कर देग्न पूरी तरह सुरक्षित है सीमा के निकट क्षेत्रों में ये दोनों ही घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थीं पिछले साढ़े चार वर्ष में देश भर में पूरी तरह शांति का माहौल है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरवंद गहलोत ने अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को मीडिया के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कल नई दिल्ली में डॉक्टर भीम राव आम्बेडकर स्कूल ऑफ मीडिया एम्पावरमेट में राष्ट्रव्यापी दाखिले की गुरूआत की भारतीय जनसंघार संस्थान दिल्ली के सहयोग से चलने वाले इस पहले मीडिया स्कूल की शाखाएं पृणे असम अरूणाचल प्रदेश उत्तराखंड और देश के अन्य भागों में खोली जाएगी श्री गहलोत ने कहा कि मीडिया स्कूल वंवित वर्ग के युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास है ताकि वे पत्रकारिता के जरिये समाज में अपना उचित स्थान बना सकें आंबेडकर जी की सोच को साकार रूप देने के लिए और मीडिया के क्षेत्र में अनसंघित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को सराक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया स्कूल का मेरे हाथों से उसका शुभारंभ करवाया है मैं इस अवसर पर आपको इस काम के लिए बघाई देता हूं सुभकामनाए देता हूं केन्द्रीय क्ति मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि अगले दशक में भी भारत की वृद्धि दर सात से आठ प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रहने की संभावना है उन्होंने कहा कि दिवाला और ऋणशोधन प्रक्रिया संहिता आईबीसी जैसे महत्वपूर्ण सुधारों से विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक और सकारात्मक वातावरण बना है श्री जेटली वीडियो काक्रेंस के जरिए न्यूयार्क में भारतीय महावाणिज्य द्वावास में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इसमें कित मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल सहित वरिष्ठ अधिकारी निवेशकों और नीति विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया

भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर आम्बेडकर न्यायवादी अर्थशास्त्री राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों महिलाओं और श्रमिकों के प्रति सामाजिक नेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया

तब से यह दिन प्रति वर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति पर श्रद्वासमन अर्पित किए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य जाने माने लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्वांजलि दी लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजंति दी श्री योगी ने कहा कि बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके सपनों को साकार करने में जूटी है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार समाज के समी वर्गो को समान रूप से आगे बढाने का काम कर रही है बसपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्वा समन अर्पित किये प्रदेश के विमिन्न जनपदों में भी बाबा साहब को श्रद्वाजंलि देकर उन्हें याद किया गया देशभर में आज सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस प्रत्येक वर्ष सात दिसम्बर को देश के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की सुखा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बल के पुरूष और महिला सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर येमपति ने कहा है कि डिजिटल पहले कार्यक्रम पर ध्यान देना मीडिया और मनोरंजन उद्योग की नई क्रांति का ही हिस्सा है श्री येमपति ने कल नई दिल्ली में व्यापक तस्वीर शिखर सम्मेलन में मीडिया के बदलते धरातल विषय पर प्रमुख संबोधन में कहा कि मीडिया के डिजिटीकरण के लिए मीडिया कर्मियों में नई क्शलता विकसित करनी होगी